छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट सहकारी राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

मुख्यमंत्री कलेक्टर पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवासीय शालाओं छात्रावासों और आश्रमों में समी सुविधाए मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को समी आवासीय परिसरों का निरीक्षण करने और कलेक्टरों को भी आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के विभिन्न छात्रावासों और आश्रमों में सामान्य सुविधाएं उपलब्य नहीं होने के संबंध में पिछले कुछ समय से शिकायते मिल रही हैं इसी के मद्देनजर उन्होंने कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को छात्रॉवासों और आश्रमों का निरीक्षण कर वहां साफ सफाई और पाठ्यपुस्तकों के अलावा गुणवत्तायुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा है छत्तीसगढ़ पुरस्कार नई दिल्ली के प्रगति भैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ को उत्कृ ष्ट सहकारी राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास और विपणन मर्यादित संघ को प्रदान किया ग्यारह से तेरह अक्टूबर तक आयोजित इस तीन दिवसीय मेले में छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास और विपणन मर्यादित संघ ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए थे इस सहकारी मेले में विदेशों से भी खरीददार काफी संख्या में आए थे इस मेले में पैंतीस देशों की कशीब एक सौ पचास सहकारी समितियों ने हिस्सा लिया कोसा सिल्क एमओयु छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बाजारों में जल्द दिखाई देगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास तथा विपणन सहकारी संघ बिलासा एम्पोरियम और श्रीलंका के सहकारिता विकास विभाग की ओर से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया यह समझौता दो वर्षों के लिए किया गया है इसके तहत आपसी व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा इस समझौते के तहत श्रीलंका और छत्तीसगढ़ व्यापार से संबंधित सुझाव एक दूसरे से साझा करेंगे तथा एक दृसरे को सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ में निर्मणाधीन और स्वीकत राष्ट्रीय राजमार्गो को जल्द पुरा कराने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में रायपुर शहर के टाटीबंध चौक पर फ्लाई ओवर के अलावा रायपुर धमतरी बिलासपुर अम्बिकापुर और कोरबा में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण का कार्य जल्द प्ररा कराने का आग्रह किया है श्री बघेल ने कहा कि राज्य के इन मार्गो पर यातायात का दबाव बढ़ने से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है

इस योजना का उद्देश्य शहरी इन्गी बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाना है साथ ही चलित चिकित्सा दल के माध्यम से शहरी झूम्गी बस्तियों में प्रत्येक व्यंक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाए पहुंचाना भी इसमें शामिल है इसके तहत राज्य सरकार द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में चलित चिकित्सा दल बनाकर झुग्गी बस्तियों में लोगों को हर सप्ताह इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी मुख्य सचिव बैठक प्रदेश में जल संसाधनों और जल संरक्षण के कार्यो का जल्द ही आंकलन कराया जाएगा साथ ही रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाई जाएगी इस संबंध में मुख्य सचिव सुनील कज़ुर ने आज मंत्रालय में हई राज्य स्तरीय बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए बैठक में उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संसाधनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए

रायपुर पुलिस ने अजरूद्दीन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उसे बिलासपुर स्थित एनआईए की अदालत में पेश किया था गौरतलब है कि अजरूद्दीन पर बिहार के बोधगया और पटना बम विस्फोट के आरोपियों को रायपुर भें छिपाने और उनकी मदद करने का आरोप है

राज्यपाल अनुसईया उइके इस प्रदर्शनी का श्रभारंभ करेंगी नगर के बीटीआई मैदान में कल दोपहर बारह बजे यह प्रदर्शनी शुरू होगी

वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और रायप्र के महापौर प्रमोद दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे यह प्रदर्शनी उन्नीस अक्टूबर तक हर दिन सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक आगन्तुकों के लिए खुली रहेगी इसका आयोजन स्कूल शिक्षा विमाग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है प्रदर्शनी के दौरान हर दिन शाम साढ़े पांच बजे से सात बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ सहित सत्ताईस राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के करीब ढाई सौ विद्यार्थी भाग लेंगे प्रदर्शनी में एक सौ सैंतालीस मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे जिनमें छत्तीसगढ़ के बाईस मॉडल शामिल हैं ये मॉडल कृषि जैविक खेती स्वास्थ्य अपशिष्ट प्रबंधन संचार जैसे विषयों पर केंद्रित हैं गौठान प्रबंधन कार्यशाला गौठान प्रबंधन तथा संचालन के विषय पर आज रायपुर के रेडक्रॉस सभा कक्ष में एकदिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरवा गरूवा घरूवा और बाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में पशुओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए गौठान बनाया गया है इसे संचालित करने के लिए ग्राम गौठान समिति का गठन किया जायेगा उन्होंने कहा कि गौठान में उपलब्ध होने वाले गोबर की व्यवस्था के लिए गौठान समिति को ग्राम सभा की सहमति से निर्णय लेना होगा कि उसे किस अनुपात में चरवाहा या महिला समूहों को दिया जाए अब्दूल कलाम जयंती पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि देश को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में भिसाइलमैन डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है सुकमा ग्रामीण मिसाल सुकमा जिले के पोलमपाड़ गांव के सोनारू राम यादव ने शबरी नदी के बीच टापू पर खेती करते हुए आजीविका के संघर्ष की एक नई मिसाल कायम की है साठ वर्षीय सोनारू यादव को पिछले साल किन्हीं कारणों से अपना गांव छोड़ना पड़ता था लेकिन परिवार से दूर रहकर भी उन्होंने हार नहीं मानी

राज्य वन अनुसंघान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के बीस से ज्यादा अधिकारी भाग ले रहे हैं कार्यशाला में वानिकी संबंधी नवाचारों के अलावा छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरूवा घ्ररूवा बाड़ी पर केंद्रित छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष योजना की जानकारी भी दी जाएगी आज इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुदित कुमार सिंह ने किया कार्यशाला के समापन अवसर पर कल वन और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल होंगे ट्राई सेमिनार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा कल रायपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा इस सेमिनार में डिजिटल भारत परियोजना और इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के विषय पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा